पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी

सिमूलतला आवासीय विद्यालय के सावन राज भारती बने टॉपर

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज ग्यारह नामांकन पर्च दाखिल किये गये बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से एनडीए की ओर से भाजपा के गिरिराज सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया वहीं दरभंगा से तीन उजियारपुर से पांच समस्तीपुर और मुंगेर से एक एक लोगों ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र भरा है चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल निर्धारित है दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी वहीं प्रत्याशी बारह अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं इन संसदीय क्षेत्रों में उनतीस अप्रैल को मतदान होना है महागठबंधन ने पटना साहिब शिवहर और मधुबनी से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है कांग्रेस ने पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने आज उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई इस बार भाजपा ने पटना साहिब से कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद को टिकट दिया है वहीं राजद ने शिवहर लोकसभा क्षेत्र से सैयद फैसल अली को अपना उम्मीदवार घोषित किया है विकासशील इंसान पार्टी ने मधुबनी लोकसभा सीट से बद्री कुमार पूर्वे को उम्मीदवार बनाया है पहले और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है इस सिलसिले में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जमुई में लोजपा प्रत्यशी चिराग पासवान के पक्ष में एक चूनावी सभा को संबोधित किया श्री सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की वैश्विक स्तर पर साख बढ़ी है उन्होंने कहा कि कमजोर और पिछड़े वर्गो के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की गयी जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके उन्होंने महागठबंधन में शामिल दलों पर निशाना साधते हुये कहा कि यह गठबंधन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किया गया है वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गया के फतेहपुर में एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में केन्द्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुये कहा कि विकास के लिए एक बार फिर एनडीए सरकार की जरूरत है इधर राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने शेखपुरा में महागठबंधन प्रत्याशी विभा देवी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया मधेपुरा में राजद उम्मीदवार शरद यादव ने जनसम्पर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन की अपील की भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बेगूसराय में पार्टी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार किया रालोसपा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि और उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा आज जदयू में शामिल हो गयीं पटना में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई भाजपा के विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने घोषणा पत्र जारी करते हुये कहा कि भूमि सुधार को लागू करना जनसंख्या के आधार पर आरक्षण और न्यायिक बहाली में आरक्षण उनके पार्टी के प्रमुख मुद्दे हैं जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्यारह अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर घमासान तेज है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट जमुई लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला लोकजन शक्ति पार्टी के चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के भूदेव चौधरी के बीच होने के आसार हैं हालांकि बहुजन समाज पार्टी के उपेन्द्र दास मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं निवर्तमान सांसद और एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान क्षेत्र में किए गए अपने कामों और पिछले पांच सालों की केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे है वहीं महागठबंधन उम्मीदवार एनडीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुये सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं नक्सल प्रभावित जमुई लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं लोग बिना डर के भयमुक्त माहौल में मतदान कर सके इसके लिए पर्याप्त संख्या में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गई है आकाशवाणी समाचार के लिए जमुई से पंकज कुमार प्रदेशभर में आज चलाये गये अभियान के दौरान बारह हथियार पचपन कारतूस और चार बम बरामद किये गये बमों की बरामदगी शिवहर से हुई है जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया वहीं आचार संहिता उल्लंघन के अठाईस मामले दर्ज किये गये गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्यारह अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जोनल और सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है इस बार अस्सी दशमलव सात तीन प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली है पिछले साल की तुलना में ग्यारह दशमलव आठ चार प्रतिशत अधिक छात्रों को सफलता मिली है बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार परीक्षा समाप्ति के रिकॉर्ड सैंतीस दिनों के भीतर परिणाम जारी किया गया सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र सावन राज भारती ने सत्तानवे दशमलव दो प्रतिशत अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है वहीं छियानवे दशमलव छह प्रतिशत अंकों के साथ इसी विद्यालय के छात्र रॉबिन राज दूसरे और छियानवे दशमलव दो प्रतिशत अंकों के साथ प्रियांशु राज तीसरे स्थान पर रहे श्री किशोर ने बताया कि टॉप टेन में अठारह छात्र शामिल हैं जिनमें सोलह सिमुलतला आवासीय विद्यालय के हैं बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि जो छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं वे नौ से अठारह अप्रैल के बीच कॉपियों की पुनर्जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं वहीं ग्यारह से सोलह अप्रैल के बीच कम्पार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन लिये जायेंगे मई महीने के अंत में कम्पार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जायेगा और जून महीने में परिणाम जारी कर दिये जायेंगे प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है पूर्णियां पूर्वी चम्पारण सीतामढ़ी दरभंगा में भारी बारिश की खबर है समस्तीपुर मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण सुपौल सहरसा मधेपुरा और अररिया में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है बारिश के कारण खेतों में लगी गेहूँ मक्के और सरसों की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है वहीं दूसरी तरफ पटना गया जहानाबाद भोजपुर औरंगाबाद नवादा और कैमूर समेत दक्षिण बिहार के कई हिस्सों सुबह से ही आसमान में बादल छाये हुये हैं और तेज हवा चल रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि काल बैशाखी के प्रभाव से प्रदेश में मौसम के रूख में बार बार बदलाव आ रहा है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सड़क हादसे में तीन बच्चे समेत चौदह लोगों की मौत हो गयी और दस से अधिक घायल हो गये पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के रामनगर लौरिया मुख्य पथ पर बरगजवा चौक के पास पिकअप वैन और ट्रक के बीच हुयी टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गयी और दस अन्य घायल हो गये जिला प्रशासन ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये सहायता राशि देने की घोषणा की है इधर बांका जिले के धनकुंड थाना क्षेत्र के बबुरा गांव के पास सन्हौला जगदीशपुर मार्ग पर एक ट्रक की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई वहीं नालंदा जिले में दो और लखीसराय जिले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बार्डर पर एसएसबी के जवानों ने एक करोड़ रूपये मूल्य के चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के नदियौना से पुलिस ने पचास हजार रूपये के इनामी अपराधी वेद प्रकाश को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है अरवल जिले के किंजर थाना के पुरैनिया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है

पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा होंगेे कांग्रेस के उम्मीदवार मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी

सिमुलतला आवासीय विद्यालय के सावन राज भारती बने टॉपर